पाला प्रभावित फसलों का सर्वे कार्य जोरों पर

श्री मोदी ने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान जोड़ा था उन्होंने कहा कि वे इसमें जय अनुसंधान जोड़ रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अटल नव सृजन मिशन की शुरूआत की है मंत्री बाला बच्चन गृह एवं जेल मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि पुलिस का खौफ अपराधियों में होना चाहिये लेकिन पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील भी होना चाहिये श्री बच्चन ने आज पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में पुलिस व्यवस्थाओं में कसावट लाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में संसाधनों की कमियों को दूर किया जायेगा पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहियें उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों में कमी लाने के प्रयास किये जायें गंभीर अपराधों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज हो विभागीय कार्यो में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाये उन्होंने सड़क दुर्घटना के मामले में क्षेत्रवार आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिये सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में काम करना होगा इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ल ने पुलिस बल की गतिविधियों की जानकारी दी

श्री सिंघार ने कहा कि जिलों में केवल बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों की ही मैदानी पोस्टिंग की जायेगी और साथ ही अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों को हर सप्ताह जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि तेदूपत्ता संग्राहकों को भविष्य में नगद भुगतान किया जायेगा जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना आए पीसी शर्मा प्रदेश के विधि एवं विधायी मंत्री पीसी शर्मा को आज जनसंपर्क विभाग भी सौंप दिया गया है श्री शर्मा को इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विमानन विभाग धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग भी सौंपे गए हैं ये विभाग अब तक मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने पास रखे हुए थे श्री शर्मा को पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधि एवं विधायी विभाग का दायित्व सौंपा था वहीं श्री शर्मा ने आज स्मार्ट सीटी प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए हिन्दी भवन से डीपो चौराहा तक स्मार्ट रोड का काम पूरा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इस प्रोजेक्ट के सभी कार्यो में तेजी लाएं इसके अलावा गृह मंत्री बाला बच्चन को तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग और लोक सेवा प्रबंधन विभाग का दायित्व सौंपा गया है वंदेमातरम गायन प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अब वंदेमातरम गायन के लिए नई व्यवस्था शुरु करते हुए कहा है कि भोपाल में अब आकर्षक स्वरूप में पुलिस बैंड और आम लोगों की सहभागिता के साथ वंदेमातरम गायन होगा मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग की ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार राजधानी भोपाल में अब आकर्षक स्वरूप में पुलिस बैंड और आम लोगों की सहभागिता के साथ वंदेमातरम गायन होगा

इस कार्यक्रम को आकर्षक बनाकर आम लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जलावर्धन योजना शिवपुरी जिले की कलेक्टर अनुग्रह पी ने कल सिंध जलावर्धन योजना के तहत कराए जा रहे कार्यो का निरीक्षण किया इस दौरान कलेक्टर ने इन्टेकवेल सतनवाड़ा स्थित जलशोधन संयंत्र और डूब क्षेत्र में स्थित रॉ वाटर राईजिंग मेन तथा सतनवाड़ा से खूबत घाटी तक बदले जाने वाले क्लीयर वाटर राईजिंग के कार्य का निरीक्षण किया कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं उनके समय सीमा में पूर्ण किए जाने का विस्तृत ब्यौरा दिया जाए

श्री पटवारी ने स्टेडियम स्थित छात्रावासों तथा विभिन्न अकादमी में पहुँचकर खिलाड़ियों से उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की

सफाई व्यवस्था के लिये उन्होंने पुनः निविदा आमंत्रित करने भी निर्देश दिये खेल मंत्री ने छात्रावास में बालिका खिलाड़ियों से भी मुलाकात कर उनके डाईट प्लान रहने की सुविधाओं सहित प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी प्राप्त की

आगरमालवा जिले में कलेक्टर अजय गुप्ता ने आज पाला प्रभावित फसलों के किसानों से मुलाकात कर बैठक में अधिकारियों को सर्वे के निर्देश दिये हैं श्री गुप्ता ने अधिकारियों से कहा है कि सर्वे में कोई भी किसान छूटने ना पाए जिसकी फसल प्रभावित हुई है वहीं देवास जिले में अचानक तापमान में हुई गिरावट के कारण पाला प्रभावित फसलों चना आलू मटर अरहर और गेहूं का निरीक्षण उप संचालक कृषि ने किया मंत्री कांफ़ेंस जबलपुर में आज वित्तमंत्री तरूण भनोट सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण मंत्री लखन घनघोरिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मध्यप्रदेश देश में विकास का माडल बनेगा इसके लिये कांग्रेस लगातार कार्य कर रही है मंत्री बनने के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे श्री भनोट ने कहा कि जबलपुर के हितों से कोई समझौता नहीं किया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास उनकी प्राथमिकता है

कलेक्टर अपने जिलों के मीसा बंदियों का सत्यापन कर रिपोर्ट देंगे और वास्तविक मीसाबंदी पाये जाने पर कलेक्टर पेंशन दोबारा शुरू कर सकेंगे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर्स को इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि पिछले कुछ वित्तीय वर्षों से प्रदेश में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के भुगतान में बजट प्रावधान से अधिक राशि व्यय किये जाने की स्थितियाँ संज्ञान में आयी है आगे ऐसा न हो इसके लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाये जाने की आवश्यकता है

नरेंद्र सलूजा प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार द्वारा मीसाबंदियों की पेंशन मामले में भौतिक सत्यापन के आदेश जारी होते ही फर्जीवाड़े के मामले सामने आने लगे हैं श्री सलूजा ने ट्वीट किया कि मीसाबंदियो की पेंशन के सामान्य प्रशासन विभाग के भौतिक सत्यापन के आदेश जारी करते ही फ़र्ज़ीवाडे के मामले सामने आना शुरू हो गये इसकी निष्पक्ष जाँच होना चाहिये और जिन्होंने फ़र्ज़ी तरीक़े से पेंशन ली है उनसे वसूली भी होना चाहिये मौसम प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में तेज ठंड का असर अभी भी बना हुआ है

वहीं अन्य जिलों के मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं रहा प्रदेश का सबसे कम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया

हादसे के समय बच्ची अपने दादा के साथ स्कूल से पैदल लौट रही थी